केन्द्र सरकार ने कहा है कि देश में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं

प्रदेशभर में गणगौर का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया गया

इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

प्रचार के अंतिम दिन आज राजसमंद में कांग्रेस उम्मीदवार तनॅसुख बोहरा के समर्थन में रोड शो हुआ वहीं भाजपा ने आज अपनी प्रत्याशी दीप्ती महोश्वरी के लिये जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से प्रचार किया प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर ही मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उम्मीदवारों और समर्थकों से जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील की है

मंत्रालय ने कहा है कि देश की दैनिक ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता सात हजार मीट्रिक टन से अधिक है इसमें बढ़ोतरी भी की गयी है केन्द्र सरकार ने बढती मांग को ध्यान में रखते हए राज्यों से कहा है कि वे चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन का सही ढंग से उपयोग करें और बरबादी पर रोक लगाएं इस संबंध में अधिकार प्राप्त समूह ने भी चिकित्सा में काम आने वाली ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है

कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सवाईमाधोपुर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर को श्रद्दालुओं के लिये बंद कर दिया गया है उधर भरतपुर के जिला कर्लेक्टर हिमांश गुप्ता ने आज धर्म गुरूओं की बैठक लेकर बढ़ते संकमण के मद्देनजर धार्मिक स्थलों को बंद रखने के निर्देश दिये बैठक में भाग लेने के बाद स्थानीय मौलवी ने लोगों से रमजान के दौरान घर पर ही रहकर इबादत करने की अपील की राज्य में कोरोना संकमण की रफ्तार पर काब्र पाने के लिये लोगों को कोविड़ नियमों की पालना के प्रति जागरूक किया जा रहा है

प्रदेश में कल से लागू होने वाले नये कर्फ्यू समय के मद्देनजर जयपुर मैट्रो ने अपनी सेवाओं का समय बदल दिया है

एक ट्वीट में पत्र सुचना कार्यालय पीआईबी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है

इस मौके पर आज महिलाओं और बालिकाओं ने पारम्परिक रूप से गणगौर माता की पूजा अर्चना की हैं कोविड महामारी को देखते हुये इस बार जयपुर में गणगौर की सवारी नहीं निकाली गई और गणगौर मेला भी नहीं भरा वहीं राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में होने वाले गणगौर मेलों का आयोजन भी इस बार नहीं हुआ सवाईमाधोपुर भरतपुर झालावाड और चूरू में आज गणगौर की सवारी नहीं निकाली गई करौली के सूरोठ में गणगौर मेला निरस्त कर दिया गया

इस बीच छबड़ा में आज पांचवे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा कस्बे में स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है

श्री सिंह अधिसूचना जारी होने की तारीख से डेढ़ वर्ष तक की अवधि के लिए कार्य करेंगे

इस कार्यक्रम के लिये श्रोता नमो एप या माईजीओवी ओपन फोरम में अपने सुझाव दे सकते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने आज जैसलमेर में अधिकारियों की बैठक ली और मानवाधिकारों के लिए संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिये